प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने वाले लोगों को दिए जाएंगे नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार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

अलवर जिले में भी कल टीकाकरण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धी मिली

जिले में लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के वास्ते कल जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता साइकिल रैली आयोजित की गई राज्य में अब तक दस लाख पांच हजार दो सौ पच्चीस लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है

अजमेर में टीकाकरण के नए चरण के तहत चिकित्सा विभाग ने आज से केन्द्रों की संख्या में और बढ़ोतरी कर दी है

टीकाकरण में आ रही तकनीकी समस्याओं बारे में श्री शर्मा ने कहा कि टीका लगवाने के इच्छुक लोगों को आरोग्य सेतु एप के जरिए सिर्फ कोविन पोर्टल पर ही नाम दर्ज कराना चाहिए

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित केन्द्र पर टीका लगने के बाद टीके की दूसरी खुराक उसी केन्द्र पर लेने के लिए तारीख उसी दिन मिल जाएगी नीति आयोग में सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि टीकाकरण की प्राथमिकता सूची में तीसरे स्थान वाले लोगों का दायरा काफी व्यापक है और इनके टीकाकरण से संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने में मदद भिलेगी उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कोविड टीके की दोनों खुराक निर्घारित कार्यक्रम के अनुसार अवश्य लें क्योंकि दूसरी खुराक लिए बिना टीकाकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी

चूरू और सिरोही जिले में इस समय एक भी सकिय मामला नहीं है प्रदेश में तीन दिन से इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है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 इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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 हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

इसके साथ ही खंडपीठ ने आरपीएससी को कहा है कि वह मुख्य परीक्षा के पूर्व में निकाले गए वर्गवार परिणाम के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए दिए

ब्याज दरों में छूट कर्ज लेने वाले लोगों के सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऋण लेने वाली महिलाओं को पांच आधार अंकों की विशेष छूट दी जा रही है

जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने बताया कि शहीद की पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग भी भोड़की गांव में शहीद विक्रम सिंह की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रदेश में बालक बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति और इसके दिशा निर्देशों के प्रारूप को मंजूरी दी है इस पुरस्कार योजना का वार्षिक वित्तीय भार लगभग साढ़े पांच लाख रूपये होगा जिसे किशोर न्याय निधि से वहन किया जाएगा

श्री चांदना कल कोटा जिले में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है इसी क्रम में सरकार ने क्रिकेट को राज्य सूची में शामिल किया है